कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द सिंह तोमर ने कृषि से सम्बधित दो मोबाइल ऐप लांच किए सरकार ने कहा है कि प्याज की कीमतों में वूदवि अस्थाई है और उस पर करीब से नज़र रखी जा रही है आज शाम पंजाब चंडीगढ़ दिल्ली और हरियाणा में भूकंप के झटके महसूस किये गये भूकंप का केन्द्र पाकिस्तान में रहा प्रधानमंत्री नरेनद्र मोदी ने बहपक्षीय स्तर पर आतंकवाद विरोधी सहयोग को संस्थागत रूप देने का आहवान किया है

उन्होंने कहा कि विश्व में कही भी ऐसे हमलों को आंतकी कार्रवाई माना जाना चाहिए आंतक सिर्फ आतंक है यह अच्छा या बुरा नहीं है प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत सूचियों और वितीय कार्रवाई कार्य बल जैसे तंत्रों के राजनीतिकरण से बचने की जरूरत पर बल दिया और कहा कि इन तंत्रों को लागू करने की आवश्यकता है कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज नई दिल्ली में कृषि से सम्बधित दो मोबाइल ऐप्पस सीएचसी फार्म मशीनरी और कृषि किसान की शुरूआत की

ऐप्प के प्रयोग से छोटे किसान कृषि सम्बधित मशीनरी किराये पर लेकर अपना उत्पादन बढ़ा सकते है ऐप्प के माध्यम से किसान अपने इलाके के सामूहिक भाड़ा सेवा केन्द्र से जूड़ सकते है कृषि किसान ऐप्प किसानों को उनके नज़दीकी क्षेत्र में उच्च उत्पादकता वाली फसलों और बीजो के बारे में जानकारी प्रदान करेगी मंत्रालय के अधिकारियों के अधिकारियों ने बताया कि उच्च ग्रणवता वाली फसलों का उत्पादन करने वाला किसान खेती के अपने सर्वोतम तरीकों को प्रर्दशित कर सकता है ताकि इन किसानों की फसलों का उत्पादन एक महत्वपूर्ण स्तर तक बढ़ सके

किसानों को इससे मौसम सम्बधी जानकारी भी मिल सकेगी मंत्री ने कहा कि केन्द्र किसानों की आय दोगुणी करने के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रहा है पश्चिमी रेलवे ने महात्मा गांधी की जयंती पर दो अक्तूबर को अंडे सहित कोई भी मांसाहारी भोजना न परोसने की फैसला किया है इस आश्य का एक परिपत्र अहमदाबाद जारी किया गया सरकारी विजप्ति के अनुसार रेलवे बोर्ड की इच्छा थी थी में कल कि गाधी जयंती को पूरी तरह से शाकाहारी दिवस के रूप् से मनाया जाये जहां पश्चिमी रेलवे परिसार मे कही भी मांसाहारी भोजना नहीं परोसा जायेगा सभी स्टेशन मास्टर्स को निर्देशों का पालन करने को कहा गया है उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार से कहा है कि अदालत को तीन सप्ताह के अंदार बताया जाये कि सोशल मीडिया का द्रूपयोग रोकने के लिए दिशा निर्देश तय करने के लिए कितने समय की जरूरत है न्यायालय ने कहा कि न तो उच्चतम न्यायालय और न ही उच्चतम न्यायालय इस तकनीकी मामले पर दिशा निर्देश तय करने में सक्षम है और यह सरकार का काम है कि वह सोशल मीडिया के द्रूपयोग को रोकने के लिए उचित दिशा निर्देश लाये न्यायाधीश दीपक ग्रप्ता और अनिरूदव बोस की पीठ ने कुछ सोशल मीडिया प्लेटफार्मस पर गंभीर चिंता व्यक्त की जो आन लाइन मीडिया सामग्री डालने वालों का पता लगाने में सक्षम नहीं

भूकंप का केन्द्र पाकिस्तान में रहा

इस भूकंप से पाकिस्तान के इस्लामाबाद पेशावर रावलपिंडी एवं लाहौर सहित उतरी क्षेत्र के कई शहरों में तेज़ झटके लगे

सरकार ने कहा है कि प्याज की कीमतों में हई बढ़ोतरी अस्थायी है और स्थिति पर करीब से नज़र रखी जा रही है उपभोक्ता मामलों खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री राम बिलास पासवान ने आज नई दिल्ली में पत्रकार सम्मेलन को सम्बोधित करते हये कहा कि प्याज़ की अस्थायी कमी मुख्य रूप से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बारिश और बाढ़ की स्थिति के कारण है जिससे परिवहन प्रभावित होता है

यह आवेदन जिला बाल कल्याण परिषद कार्यालय में जमा करवाया जा सकता है हरियाणा महिला कांग्रेस की वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमती सुधा भारदवाज को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है ऑल इंडिया महिला कांग्रेस दवारा जारी आदेश में कहा गया है कि कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उनकी नियुक्ति तुरंत प्रभाव से लागू हो जायेगी और आगामी आदेशों तक वह अपने पद पर विराजमान रहेंगी काबिलेगौर है कि हरियाणा महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा चौहान के जाने के बाद यह पद खाली पड़ा था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोगों से स्वच्छ भारत अभियान की तरह जल शक्ति अभियान को सफल बनाने को कहा है उन्होंने कहा कि देश ने स्वच्छता के लक्ष्य को लगभग हासिल कर लिया है और देश ख्ले में शौच से लगभग मुक्त होने वाला है

राष्ट्रपति ने कहा कि इस अभियान में स्थानीय स्तर पर जल की मांग और आपूर्ति पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा श्री कोविंद ने कहा कि इस अभियान के तहत वर्षा जल संचयन भूजल एकत्र करने और घरेलू अपशिष्ट जल के लिए बुनियादी शांचे का निर्माण किया जाएगा

हरियाणा में विधानसभा आम चूनाव को स्वतंत्र निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ांग से सम्पन्न करवाने के लिए म्ख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अन्राग अग्रवाल दवारा आज राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें आदर्श आचार संहिता च्नावी खर्च और मीडिया में विज्ञापन के प्रकाशन से संबंधित भारत निवार्चन आयोग के दिशा निर्देशों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई